वाराणसी जिले में अस्थि कलश अनेक स्थानों से होते हुए राजेन्द्र प्रसाद घाट पर पहुंची जहां प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर महेन्द्र नाथ पाण्डेय प्रदेश सरकार में मंत्री नीलकण्ठ तिवारी सहित अनेक राजनीतिक जनप्रतिनिघ एवं गण्यमान्य लोगों ने अस्थि कलश को गंगा नदी में प्रवाहित किया मऊ जिले में आज स्वर्गीय वाजपेयी की अस्थिकलश यात्रा बलिया जिले से चलकर ग्लौरी रतनपुरा के रास्ते मऊ पहुंची यात्रा मार्ग में खड़े होकर बहतायत संख्या में लोगों ने श्री वाजपेयी को श्रद्दासुमन अर्पित किए अस्थि कलश मोहम्मदाबाद गोहना होते हुए आजमगढ़ जिले चली गयी जहां तमसा नदी के तट पर अस्थि कलश का विसर्जन किया जा रहा है स्वर्गीय वाजपेयी की अस्थि कलश झांसी जिले में पहुंचने पर लोगों ने श्रद्दाजंति अर्पित किया केन्द्रीय मंत्री उमा भारती समेत अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में बेतवा नदी में अस्थि कलश का विसर्जन किया जा रहा है हाथरस जिले में अस्थि कलश के पहुंचने पर लोगों ने श्री वाजपेयी को श्रद्वाजंलि अर्पित किया अस्थि कलश को प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश राणा ने गंगा नदी में विसर्जित किया गोरखपुर जिले में अस्थि कलश यात्रा मेडिकल कॉलेज पहुंची जहां से शहर कई स्थानों पर लोगों ने स्वर्गीय वाजपेयी को श्रद्वासमुन अर्पित किया बद में शहर के निपाल क्लब में आयोजित श्रद्वाजलि सभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्री वाजपेयी देश के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सर्वमान्य नेता थे वे कवियो राजनीतिज्ञों और सामाजिक कार्यो से जुड़े लोगों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे अस्थि कलश यात्रा शहर के विभिन्न मार्गो से होते हुए रासी नदी के तट पर पहुंच रही है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राप्ती नदी में विसर्जित किया जायेगा इस मौके पर प्रदेश सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य एवं जयप्रकार्श निषाद सहित अनेक राजनितिक साहित्यकार एवं गण्यमान्य लोग भी उपस्थित हैं संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरश ने पूर्व प्र्यानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को एक अनुकरणीय राजनेता बताया है इस सप्ताह संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई मिशन के अपने दौरे में श्री गुतेरा ने स्वर्गीय अटल विहारी वापजेयी को भावभीनी श्रद्वांजलि दी और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की उन्होंने कहा कि पहले भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के दौरान वे श्री वाजपेयी से मिले थे संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने यह भी कहा कि स्वर्गीय वाजपेयी को एक ऐसे अनुकरणीय राजनेता और प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा याद किया जायेगा जिन्होंने भारत और विश्व में शांति तथा विकास के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य किया उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने युवा डॉक्टरों का आह्वान किया है कि वे दया भाव के साथ लोगों का इलाज करने को ही अपने जीवन का घ्येय बनाएं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भुवनेखर के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नायडू ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को पहली पदोन्नति से पहले डॉक्टरों को गांवों में तीन साल तक अनिवार्य रूप से काम करने की नीति बनानी चाहिए उन्होंने कहा कि भारत में प्रतिभा की कमी नहीं है प्रदेश की पर्यटन मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने कहा है कि राज्य में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ा देने के उद्देश्य से सरकार धार्मिक हेरीटेज और इको पर्यटन पर खास ध्यान दे रही है इसके तहत रामायण सर्किट बौद्व सर्किट ताज नगरी और वाराणसी में पर्यटन सम्बंधी अनेक कार्य किए गये हैं श्रीमती जोशी ने कहा कि राज्य सरकार कुम्म से पहले प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने से पहले सत्ताईस अगस्त से यूपी ट्रैवल मार्ट का आयोजन कर रही है

पर्यटन मंत्री ने कहा कि सभी ट्र ऑपरेटर्स को पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराया जायेगा इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव पर्यटन अवनीश अवस्थी ने बताया कि इस तीन दिवसीय यूपी ट्रेवल मार्ट में आस्ट्रेलिया फांस जर्मनी तुर्की डेनमार्क पोलैण्ड और ताइवान सहित तेईस देशों के पचास प्रतिनिधि शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

श्री मोदी ने ट्वीट कर के कहा है कि लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं ये टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर कॉल करके हिन्दी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेशों को कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के हिन्दी में प्रसारण के तुरन्त बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जायेगा रात आठ बजे क्षेत्रीय भाषाओं में इसका पुनः प्रसारण होगा केन्द्रीय मानव संसाघन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्वविद्यालयों में अनुसंचान कार्य बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया श्री जावड़ेकर पटना विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के समापन के अवसर पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार मेक इन इंडिया कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विदेशों में अनुसंधान कर रहे प्रतिभाशाली भारतीय विद्यार्थियों को वापस बुलाने की कोशिश कर रही है उन्होंने विश्वविद्यालयों से शोध कार्य पर ध्यान केन्द्रित करने को कहा